प्रदेश में कोविड उन्नीस से लगभग एक लाख तिरपन हजार लोग स्वस्थ हुये

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कल वीडियो कांफ्रेंस के जरिये बिहार में नौ राजमार्ग परियोजनाओं की आधाशिला रखेंगे ये परियोजनाएं चार हजार दो सौ अंठावन करोड़ रुपये की लागत से लगभग तीन सौ पचास किलोमीटर सडकों के निर्माण से संबंधित हैं इनसे राज्य को बेहतर संपर्क सुविधा मिलेगी और आर्थिक विकास का रास्ता खुलेगा विशेषकर पड़ोसी राज्यों उत्तर प्रदेश और झारखंड के साथ वस्तुओं और लोगों की आवाजाही बढेगी प्रधानमंत्री ने वर्ष दो हजार पंद्रह में बिहार में महत्वपूर्ण ब्रनियादी विकास के लिए विशेष पैकेज की घोषणा की थी इसमें चौवन हजार सात सौ करोड रुपये की पचहत्तर परियोजनाएं शामिल थीं इनमें से तेरह परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं अड़तीस का काम चल रहा है और अन्य विस्तृत रिपोर्ट या मंजूरी के विभिन्न चरणों में है ये परियोजनाएं पूरी हो जाने से बिहार में सभी नदियों पर उन्नत तकनीक से तैयार पुल होंगे और सभी प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग चौड़े और दुरूस्त कर लिए जायेंगे गंगा नदी पर कुल पुलो की संख्या सत्रह हो जायेगी राज्य की नदियों पर प्रत्येक पच्चीस किलोमीटर की दूरी पर पुल होंगे प्रधानमंत्री ऑप्टकिल फाइबर इंटरनेट सेवाओं का भी उद्घाटन करेंगे राज्य के पैंतालीस हजार नौ सौ पैंतालीस गांव इस सेवा से जुड़ेंगे इस परियोजना से ऑनलाइन शिक्षा कृषि टेलीमेडिसिन टेली लॉ और अन्य सामाजिक सुरक्षा की डिजिटल सेवा नागरिकों को सुगमता से उपलब्ध होगी भारतीय जनता पार्टी ने व्हपि जारी कर अपने राज्यसभा सांसदों को आज सदन में उपस्थित रहने को कहा है आज राज्यसभा में तीन कृषि विधेयक पेश किये जायेंगे ये हैं कृषि उत्पाद व्यापार और वाणिज्य संवर्द्धन और सुविधा विधेयक दो हजार बीस मूल्य आश्वासन और कृषि सेवाओं पर किसान सशक्तीकरण तथा संरक्षा समझौता विधेयक दो हजार बीस और आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक दो हजार बीस विभिन्न विपक्षी दल इन विधेयकों का विरोध कर रहे हैं हालांकि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इन्हें ऐतिहासिक और किसान हितैषी बताया है और इन्हें लेकर किसानों को गुमराह करने वालों की आलोचना की है लोकसभा से ये विधेयक पहले ही पारित हो चुके हैं चुनाव आयोग ने विधानसभा चुनाव के दौरान मतदानकर्मियों मतदाताओं और सुरक्षा बलों को संक्रमण से बचाने के लिये स्वास्थ्य विभाग को विशेष व्यवस्था का आदेश दिया है इसके लिये प्रदेश के सभी बूथों पर सैनिटाइजर रखने का निर्देश दिया है इसके अलावा थर्मल स्क्रीनिंग डिवाईस एक एक हैंड ग्लब्स और थ्री प्लाई मास्क की भी व्यवस्था का आदेश दिया है विधानसभा चुनाव को लेकर पटना में अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी एच आर श्रीनिवास राज्य के अपर मुख्य सचिव आमिर सुबहानी वित्त वभिाग के प्रधान सचिव एस सिद्दार्थ स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत और अपर पुलिस महानिदेशक जीतेंद्र कुमार ने बैठक की राज्य सरकार ने विधानसभा चुनाव को लेकर शराबबंदी को और प्रभावी बनाने के लिये सभी जिलों में छापामार दल गठित करने का आदेश दिया है यह दल उत्पाद विभाग की जगह आईजी डीआईजी जिलाधिकारी और आरक्षी अधीक्षक के नियंत्रण में काम करेगी गृह विभाग के अपर मूख्य सचिव आमिर सुबहानी ने बताया कि छापेमारी के दौरान उत्पाद विभाग की कोई भूमिका नहीं होगी उन्होंने इसके लिये प्रत्येक चेक पोस्ट पर हर आधे घंटे में कम से कम एक बड़े वाहन की सघन जांच करने का आदेश दिया है इसके अलावा शराब बरामदगी पर संबंधित थानाध्यक्ष और चौकीदार को जिम्मेवार मानते हुये कड़ी कार्रवाई की भी चेतावनी दी है मुख्यमंत्री नीतीश क्मार ने प्रदेश के सभी प्रमंडलों में यातायात अपराध नियंत्रण केंद्र बनाने की घोषणा की है पटना में वीडियों कांफ्रेंसिंग के जरिये श्री कुमार ने कहा कि किसी भी प्रकार की दुर्घटना अग्निकांड और मेडिकल इमरजेंसी सहित कई समस्याओं पर इसके माध्यम से नजर रखी जायेगी और राहत के लिये त्वरित कार्रवाइ की जायेगी साथ ही अपराध नियंत्रण में भी इससे सहायता मिलेगी पथ निर्माण मंत्री नंद किशोर यादव ने कहा है कि प्रदेश में तीन जिले जमुई पूर्णिया और गया की सड़कों के निर्माण के लिये एक सौ चौवालीस करोड़ रूपये खर्च किये जायेंगे इन जिलों में लगभग छिहत्तर किलोमीटर लंबी सड़कों के चौड़ीकरण और मजब्रतीकरण के कार्य भी किये जायेंगे पथ निर्माण मंत्री ने कहा कि जमुई की चार सड़कों के लिये अस्सी करोड़ पूर्णिया के लिये आठ करोड़ चौवालीस लाख और गया की सड़क योजना के लिये पचपन करोड़ चौंतीस लाख रूपये की मंजूरी दी गई है उन्होंने कहा कि चार से आठ माह के भीतर इस कार्य को पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है पटना विश्वविद्यालय में स्नातक में नामांकन के लिये छब्बीस सितंबर से प्रवेश परीक्षा शुरू होगी पटना विश्वविद्यालय प्रशासन ने बताया कि इसके लिये छात्रों का एडमिट कार्ड प्रवेश परीक्षा से तीन दिन पहले जारी कर दिया जायेगा वहीं दूसरी ओर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से इंटरमीडिएट दो हजार बीस बाईस के लिये स्पॉट नामांकन की तिथि एक बार फिर बढ़ा दी गई है अब इंटर कॉलेज और स्कूल में स्पॉट नामाकंन कल से पच्चीस सितंबर तक होगा नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने नेट परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी कर दिया है परीक्षार्थी अपना एडमिट कार्ड एजेंसी के वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं ये परीक्षा चौबीस सितंबर से पांच अक्टूबर तक चलेगी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 यह मासिक रेडियो कार्यक्रम की उनहत्तरवीं कड़ी होगी लोग अपने विचार और सुझाव नमो ऐप या माई जीओवी ओपन फोरम पर भेज सकते हैं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 प्रदेश के विभिन्न जिलों से कोरोना संक्रमण के एक हजार छह सौ सोलह नये मामलों की पुष्टि हुई है इसके साथ ही संक्रमितों की संख्या बढ़कर लगभग एक लाख सड़सठ हजार हो गयी है स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के अनुसार पिछले चौबीस घंटों में संक्रमण के सबसे अधिक दो सौ तिरसठ मामले पटना जिले में सामने आये हैं अररिया से एक सौ सात सुपौल से तिरानवे मध्रबनी से एकानवे नालंदा से तिरसठ और सहरसा से उनसठ मामलों की पुष्टि हुई है विभाग के अनुसार अब तक राज्य में लगभग एक लाख तिरपन हजार कोविड मरीज ठीक हो चुके हैं राज्य में स्वस्थ होने की दर इक्यानवे दशमलव छह शून्य प्रतिशत हो गयी है अभी तेरह हजार एक सौ उनहत्तर लोगों का राज्य के विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा है महामारी से राज्य में अब तक आठ सौ इकसठ लोगों की मौत हुई हैं स्वास्थ्य मंत्री मंगल पाण्डे ने कहा है कि राज्य में प्रतिदिन एक लाख से ज्यादा नमूनो की कोरोना जांच की जा रही है अब तक राज्य में पचपन लाख तईस हजार आठ सौ पच्चीस नमूनों की जांच की जा चुकी है श्री पाण्डे ने कहा कि प्रदेश के प्रत्येक जिला अस्पताल में आरटी पीसीआर जांच की जाएगी वरिष्ठ स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर अपर्णा अग्रवाल ने कहा है कि कोविड उन्नीस से बचाव के लिए अत्यधिक सावधानी बरतने की जरूरत है

इधर पटना में मास्क नहीं पहनने वालों के खिलाफ कार्रवाई जारी है पटना में रेलवे स्टेशन के पास मास्क चेंकिंग के दौरान सात सौ उनचास लोगों की कोरोना संक्रमण की जांच की गई इनमें छह लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है इन सभी लोगों को आईसोलेशन सेंटर भेजा गया है वहीं पटना जिला प्रशासन ने मास्क नहीं पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने के कारण राजेंद्र नगर और कंकड़बाग स्थित सब्जी मंडी को तीन दिनों के लिये बंद कर दिया है मौसम विभाग ने कहा है कि अगले चौबीस घंटों के दौरान राज्य के अधिकांश हिस्सों में बारिश के साथ वजपात की आशंका है बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बनने के कारण कल से राज्य में मॉनसून की गतिविधि और तेज होने की संभावना है पिछले चौबीस घंटे के दौरान राज्य के पूर्वी हिस्सों के कई स्थानों पर भारी बारिश रिकॉर्ड की गई है

वहीं पूर्णिया में नब्बे मिलीमीटर वर्षा हुई है रेलवे ने कोरोना संक्रमण से बचाव और त्योहारों के दौरान संभावित यात्रियों की भीड़ को देखते हुये कल से क्लोन ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है इस दौरान पूर्व मध्य रेल की पांच जोड़ी क्लोन ट्रेन नियमित रूप से चलेंगी इनमें श्रमजीवी एक्सप्रेस ट्रेन और संपूर्णक्रांति एक्सप्रेस ट्रेन को क्लोन किया गया है रेलवे के आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि क्लोन संपूर्णक्रांति सत्ताईस सितंबर से प्रत्येक रविवार को राजेंद्र नगर पटना से रवाना होगी पटना रेलवे पुलिस बल की टीम ने बारह लाख रूपये के रेलवे ई टिकट के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है गिरफ्तार व्यक्ति द्वारा ई टिकट का अवैध कारोबार संचालित किया जा रहा था इससे पहले पटना के आलमगंज थाना क्षेत्र में छापेमारी के दौरान बाईस लाख रूपये मूल्य के नये पुराने ई टिकट के साथ एक एजेंट को गिरफ्तार किया गया था पटना नगर निगम ने म्यूटेशन शुल्क में बढ़ोतरी की है अब निगम क्षेत्र में म्यूटेशन शुल्क सौ रूपये की जगह पांच सौ रूपये देने होंगे वहीं म्यूटेशन आवेदन शुल्क पच्चीस रूपये से बढ़ाकर सौ रूपये कर दिया गया है निगम की स्थायी समिति की बैठक में ट्रेड लाईसेंस शुल्क को भी लागू करने का निर्णय लिया गया है राजधानी पटना के जक्कनपुर थाना क्षेत्र से पुलिस ने हथियार के साथ तीन तस्करों को गिरफ्तार कर लिया पुलिस सूत्रों ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर तीन हथियार तस्करों को गिरफ्तार कर लिया गिरफ्तार तस्कर के पास से आठ पिस्तौल और सोलह मैगजीन भी बरामद किया गया है वहीं लखीसराय जिले के मेदनी चौकी थाना क्षेत्र से पूलिस ने दो अपराधियों को हथियार के साथ गिरफ्तार किया गया है बेगूसराय के तेघरा थाना क्षेत्र अंतर्गत स्टेशन रोड पर अपराधियों ने एक आभूषण की द्रकान से एक करोड़ रूपये से अधिक मूल्य के जेवरात लूट लिये अरवल जिले में जल जीवन हरियाली मिशन के तहत छह लाख तिहत्तर हजार की लागत से बनने वाले पोखर के तटों पर व्रक्षारोपन का कार्य किया जा रहा है इसके अंतर्गत जिले में दो लाख इक्यावन हजार पौधे लगाये गये हैं वहीं इस अभियान के तहत मोतिहारी रक्सौल अनुमंडल क्षेत्र के चंपापूर पंचायत के मनना गांव में उन्नीस लाख रूपये से अधिक की लागत से तालाब सह पार्क के समीप वृक्षारोपन किया गया है पूर्णिया जिले के सभी प्रखंडों में फाइलेरिया उन्मूलन अभियान के अंतर्गत सर्वजन दवा सेवन कार्यक्रम अट्ठाईस सितंबर तक चलाया जायेगा इस दौरान जिले में दो सौ पर्यवेक्षकों के माध्यमों से दवा वितरण किया जायेगा मोतिहारी के चकिया थाना क्षेत्र अंतर्गत गूप्त सूचना के आधार पर पूलिस ने बीस किलो चरस के साथ दो तस्कर को गिरफ्तार किया है रोहतास जिले के सासाराम में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने कोरोना महामारी से बचाव को लेकर जागरूकता अभियान चलाया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 हिन्दुस्तान ने अलकायदा के नौ आतंकी के गिरफ्तार की खबर को अपनी पहली लीड बनाते हुये लिखा है आतंक जासूसी का भंडाफोड़ अलकायदा के नौ आतंकी दबोचे दिल्ली थी निशाना दैनिक जागरण की सुर्खी है समय से पहले खत्म होगा संसद का मॉनसून सत्र दैनिक भास्कर ने स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट की खबर को प्रमूखता से प्रकाशित करते हुये लिखा है देश में पहला मेगा स्क्रीन गांधी मैदान में लाँच एक साथ पांच हजार लोग देख सकेंगे कार्यक्रम प्रभात खबर ने बंद स्कूलों द्वारा फीस वसूलने की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित करते हुये लिखा है अभिभावकों का दर्द

राष्ट्रीय सहारा की सुर्खी है कई विश्वविद्यालय के कुलपति बदले

प्रदेश में कोविड उन्नीस से लगभग एक लाख तिरपन हजार लोग स्वस्थ हुये